श्रीमती राजे कल गौरव यात्रा के तहत बाड़मेर जिले के पचपदरा में करोड़ों रुपये की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह बोल रही थीं

बालोतरा और सिवाना क्षेत्र में अगले सात दिन में पानी मिलने लगेगा उसके बाद कुछ दिन में नाकोड़ा और सितम्बर के अंत तक समदड़ी तक भी मीठा पानी पहुंच जाएगा बाड़मेर लिफ्ट परियोजना से भी बायतू पचपदरा और समदड़ी क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा

उन्होंने चांदसेन के पास रेलवे लाइन पर आरयूबी बनाने की भी घोषणा की

इससे रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को ही रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी

इस बीच मामले में लापरवाही बरतने पर शहर कोतवाली पुलिस के डयूटी ऑफिसर गजेन्द्र सिंह को निलम्बित कर दिया है

जयपुर के गोविन्द देव जो मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है राजसमंद जिले में वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधानपीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में उत्साह और उमंग का माहौल है नगर में गुजरात मध्यप्रदेश महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्वालुओं के आने का सिलसिला जारी है नाथद्वारा मंदिर में आज के दिन श्रृंगार की विशेष झांकियों के अलावा शाम को नगर में शोभायात्रा निकाली जाएंगी

राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है